प्रदेश में फिर से ठंड का प्रकोप बढ़ा

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी और अन्य दलों द्वारा लोगों को गुमराह करने के कारण ही देश में हिंसा भड़की नई दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरूद्वारे पर हाल के हमले से स्पष्ट हो गया है कि पड़ोसी देश में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए नागरिकता संशोधन कानून कितना महत्वपूर्ण है श्री शाह ने अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाया कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होगी

मैं माइनोरिटी के भाईयों और बहनों को कहना चाहता हूं सीएए से किसी भी देश की माइनोरिटी नागरिक की नागरिकता जा ही नहीं सकती क्योंकि सीएए में नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है श्री शाह सोलह जनवरी को बिहार आयेंगे जहां वे पार्टी की ओर से सीएए पर शुरू किये गये जन जागरूकता अभियान को लेकर वैशाली में एक आम सभा को संबोधित करेंगे इस सभा में पार्टी के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में हुई हिंसा की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये हैं गृहमंत्री कार्यालय ने बताया है कि संयूक्त प्रलिस आयूक्त स्तर का अधिकारी इस मामले की जांच करेगा इधर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण और गहरी चिंता का विषय बताया है उन्होंने विद्यार्थियों से परिसर में शांति और विश्वविद्यालय की गरिमा बनाये रखने की अपील की है इस बीच जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि उसे हिंसा में विद्यार्थियों के घायल होने पर बहुत पीड़ा और रोष है गौरतलब है कि विश्वविद्यालय परिसर में कल रात विद्यार्थियों के दो गुटों के बीच झड़पें हुई थीं इनमें अठारह छात्र घायल हो गये थे प्ररा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है पछ्वा हवा चलने के कारण राज्य में फिर से ठिठ्रन बढ़ गयी है जिससे लोग घरों में रहने को विवश हो गये हैं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले तीन चार दिनों तक मौसम साफ होने की सम्भावना नहीं है राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में बादल छाये रहेंगे मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार एक दो दिनों में दक्षिण और उत्तरी बिहार के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है ठंड और कोहरे के कारण ट्रेन और हवाई जहाजों के परिचालन पर असर पड़ा है राजधानी एक्सप्रेस सम्पूर्णक्रांति एक्सप्रेस ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन घंटों विलंब से चल रही है पटना एयर पोर्ट के एक अधिकारी के अनुसार पटना से उड़ान भरने और उतरने वाले विमानों का भी परिचालन विलंब से हो रहा है वहीं ठंड के कारण शहर के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गयी है ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने वर्ग नौ से बारहवीं तक की कक्षा को सुबह नौ बजे के बाद शुरू करने और दोपहर तीन बजे से पहले छुट्टी देने का आदेश दिया है आठ जनवरी तक आठवीं कक्षा तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है वहीं कटिहार जिले में कल तक पश्चिम चम्पारण में आठ जनवरी तक जबकि दरभंगा जिले में दस जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का निर्देश स्थानीय प्रशासन ने दिया है केन्द्र सरकार की उजाला योजना और स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम ने सफलता पूर्वक पांच साल पूरे कर लिए है उजाला के तहत घरों में बिजली दी जाती है और स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम के तहत स्थानीय सड़कों और गलियों में रोशनी की जाती है उजाला योजना के तहत देश भर में छत्तीस करोड़ तेरह लाख से अधिक एलईडी बल्ब बांटे गए हैं इससे प्रतिवर्ष प्रतिघंटे छियालीस अरब बानवे करोड़ किलो वॉट बिजली की बचत हो रही है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फार ऑल उजाला परियोजना ने ऊर्जा कुशलता के बाजार में भारी बदलाव किया है उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी बल्ब की कीमतों में दस गुणा की गिरावट आई है वैशाली जिले के हाजीपुर मंडल कारा में पिछले दिनों गोलीबारी की घटना के बाद राज्य की जेलों में छापेमारी के दौरान कई प्रतिबंधित चीजें बरामद की गयी है कारा प्रशासन ने कहा है कि छापेमारी के दौरान जिन जेलों में प्रतिबंधित सामान मिले हैं उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जा रही हैं साथ ही दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी राज्य में किसानों को किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जा रही है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि कृषि यांत्रिकीकरण योजना के अन्तर्गत किसानों को किराये पर यंत्र दिये जायेंगे उन्होंने कहा कि कृषि विभाग लघु सीमांत और बटाईदार किसानों तक यंत्रिकरण का विस्तार करने के लिए कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना की जा रही है इस योजना के लिए दस पच्चीस और चालीस लाख रूपये तक की राशि दी जायेगी पटना पुलिस अब शहर में साईकिल से गश्त लगायेगी एसएसपी उपेन्द्र शर्मा ने बताया कि गलियों में गश्ती करने में समस्या होती थी जिसके कारण यह निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि जेल से जमानत पर छूटे अपराधियों पर निगरानी रखी जायेगी साथ ही फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है राजधानी पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में खेले गये रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मुकाबले में बिहार ने मिजोरम को छह विकेट से पराजित कर दिया मेजबान टीम ने पहली पारी में एक सौ सोलह रन से पिछड़ने के बावजूद मैच जीत लिया बिहार का अगला मुकाबला मणिपुर से कोलकाता में होगा पूर्वी चम्पारण में सम्पन्न उन्नीसवीं बिहार राज्य सबजूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का खिताब पटना ने जीत लिया है उसने बेगूसराय को सैंतीस के मुकाबले चालीस अंकों से पराजित किया राजस्थान के अलवर में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली अन्डर फोर्टीन ताईक्वांडो प्रतियोगिता में राज्य के खिलाड़ियों ने दो रजत और दो कांस्य पदक जीता है

निलंबन की कार्रवाई बेतिया प्रमंडल के कनीय अभियंता धनंजय कुमार और कार्यपालक अभियंता अशोक सिंह पर की गयी है पूर्वी चम्पारण जिले के पताही थाना क्षेत्र के परसौनी कपूर गांव से पुलिस ने एक नक्सली भूलेन पासवान को गिरफ्तार किया है पकड़े गये नक्सली पर सहयोगियों के साथ मिलकर रेलवे पटरी उड़ाने का आरोप है राजधानी पटना के कमदकुआं थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक कम्पनी के कर्मी से लगभग साढ़े चार लाख रूपये लूट लिये देशभर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है राज्य के सात शहरों में परीक्षा केन्द्र बनाया गया है नालंदा जिले में अलग अलग घटनाओं में अपराधियों ने तीन लोगों को गोली मार दी

पुलिस मामले की छानबीन कर रही है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुये मारपीट पर सुर्खी दी है जेएनयू में नकाबपोशों का हमला बीस लोग जख्मी दैनिक जागरण लिखता है पाकिस्तान के पेशावर में सिख युवक की गोली मार कर हत्या दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है बिना रोशनी के पटना पुलिस की तीसरी आंख अपराधियों को पकड़ना तो दूर वाहनों का ई चालान तक बंद करना पड़ा प्रभात खबर ने सुपौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर लिखा है लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म